मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह की शासकीय कार्य सूची के बारे में वक्तव्य देंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करना चाहती है उन्होंने कहा कि सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत डेढ लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना भी है प्रधानमंत्री ने बताया कि इन स्वास्थ्य केंद्रों से छह लाख गांवों को स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी

मौसम प्रदेश में मानसून की वर्षा का कम रूक रूककर जारी है मंडी में भारी वर्षा के चलते मंडी पठानकोट मार्ग कोटरूपी के पास वाहनों की आवाजाही के लिए एक बार फिर बंद हो गया है

कांगड़ा में भारी वर्षा को देखते हुए जिला उपायुक्त संदीप कुमार ने आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं जबकि स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे उन्होंने लोगों से खड्डों व नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं

अखबारों सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा मानसून सत्र और मनाली रोहतांग मार्ग पर सड़क हादसे को अपनी प्रमुख खबर बनाया है मानसून सत्र पर अमर उजाला की सुर्खी है मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल को श्रद्वाजंलि उदारता की बातों के बीच अग्निहोत्री को दिया गया नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दैनिक जागरण लिखता है मानसून सत्र शुरू पहले दिन दी अटल जी को श्रद्वाजंलि आठ माह बाद मुकेश को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पंजाब केसरी के शब्द हैं विपक्ष के आगे झुकी प्रदेश सरकार अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिव्य हिमाचल का शीर्षक है अब मिलेगा कैबिनेट मंत्री वाला रैंक वेतन व भत्ते भी मंत्रियों की तरह दैनिक भास्कर का कहना है कांग्रेस के पास एक तिहाई सीटें न होने के कारण हुई दर्जा मिलने में देरी आपका फैसला लिखता है मुकेश अग्निहोत्री बने नेता प्रतिपक्ष अधिसूचना जारी

दैनिक भास्कर का शीर्षक है कुल्लू से पांगी जाते हुए रात करीब दो बजे हुआ हादसा आपका फैसला व अजीत समाचार के मुताबिक मृतकों में तीन बच्चे पांच महिलाएं और तीन पुरूष शामिल राज्यपाल मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक पंजाब केसरी की एक खबर है बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए बढ़ाई जाएगी कंपोजिट फीस सूबे को नशामुक्त करने का अब दलाईलाम ने उठाया बीड़ा शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मन स्वस्थ रखने के लिए युवाओं में जोश भरे शिक्षक हिमाचल दस्तक ने खबर को प्रमुखता दी है ठेके पर कंडक्टर रखेगा एचआरटीसी

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए कांग्रेस के विधायक देंगे एक माह का वेतन मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है कांगड़ा में बारिश से चार मकान दुकान ढही मलबा आने से चंबा के दो मकान कराए खाली

जकारता एशियन गेम्स पर अमर उजाला के शब्द हैं महिला कबड्डी में सिल्वर मेडल पक्का होने पर झूमा हिमाचल टीम में है प्रदेश की तीन खिलाड़ी शिलाई में नाटी तो मनाली में बंटे लड्डू सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय हादसे कब तक में लिखता है कि सड़क हादसे पहाड़ी प्रदेश की नियति बन चुके हैं